प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से राष्ट् को संबोधित करेंगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतों को धनराशि का डिजिटल स्थानान्तरण होने से कार्यों में तेजी और पारदर्शिता आयेगी साथ ही सरकारी सिस्टम के प्रति लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रोथ सेंटर को बढ़ावा देने के लिए हरसम्भव प्रयास कर रही है इसमें पंचायतों और पंचायतीराज विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी म्ख्यमंत्री ने पंचायतीराज विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि पंचायतों में जो भी काम हो रहे हैं उनकी जियो टैगिंग और जीआईएस मैपिंग की जाय इस मौके पर पंचायतीराज निदेशक एचसी सेमवाल ने बताया कि सभी त्रिस्तरीय पंचायतों को अपनी कार्य योजना ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करनी है इसी पोर्टल के अनुरूप जियो टैगिंग और अन्य कार्य किये जाने हैं

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में ग़ह मंत्रालय ने सूचित किया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह मौके के अन्रूप आयोजित किया जाना चाहिए हालांकि राज्यों जिला और पंचायत अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे स्रक्षित द्री के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए बड़े आयोजन की अन्मति न दें इसमें कहा गया है कि लोगों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल टैक्नोलोजी का उपयोग किया जाना चाहिए लाल किले पर होने वाले स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम को ग़हमंत्रालय के एहतियाति दिशा निर्देशों के अन्रूप ही किया जायेगा इस वर्ष के समारोह में शामिल कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री का अभिभाषण गार्ड ऑफ ऑनर राष्ट्रीय ध्वज फहराना राष्ट्रगान और तिरंगा ग्ब्बारो को छोड़ने जैसे कार्यक्रम शामिल होंगे दिशानिर्देश में कोविड योदधाओं जैसे कि डॉक्टरों स्वास्थ्य कर्मियों स्वच्छता कर्मियों को उनकी सेवा के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के नजरिये से विशेष रूप से आमंत्रित करने को भी कहा गया है सरकार ने देशभर के राज्य और जिला प्रशासनों से आत्मानिर्भर भारत अभियान से जन जन को जोड़ने संबंधी कार्यक्रमों को भी अधिकतम बढ़ावा देने का आग्रह किया है त्योहार गाइडलाइस कोरोना महामारी के बीच आगामी त्योहार ईद उल जुहा रक्षाबंधन श्रीकृष्ण जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस पर शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए प्लिस महानिदेशक अनिल कुमार रतूड़ी ने अधीनस्थों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये हैं प्लिस मुख्यालय सभागार में वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से आज डीजीपी ने सभी जनपद प्रभारियों सेनानायकों और परिक्षेत्र प्रभारियों से कहा कि वर्तमान में कोरोना संक्रमण पहले के मुकाबले काफी ज्यादा है केन्द्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सामूहिक आयोजनों पर पाबन्दी है जिसके कारण इस वर्ष कांवड मेला और सोमवती अमावस्या स्नान को स्थगित किया गया उन्होंने कहा कि इस समय सबका स्रक्षित और स्वस्थ रहना जरूरी है उन्होंने आगामी त्योहारों को देखते हए केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइंस को सभी जनपद प्रभारियों को समझाते हुए इनका अन्पालन कराने के निर्देश दिये वीडियो कान्फ्रेसिंग में डीजीपी के साथ उपस्थित डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक क्मार ने बकरीद त्योहार मददेनजर सभी जनपद प्रभारियों और जिलाधिकारियों से समन्वय बनाते हए मस्जिद के मौलवियों और धर्मग्रुओं से नमाज और क्र्बानी के सम्बन्ध में बातचीत करने के निर्ददेश दिये श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर प्लिस लाइन और पीएसी बटालियनों में आयोजित होने वाले साम्हिक समारोह को इस वर्ष आयोजित नहीं करने का निर्णय लिया गया इंटरसेप्टर कार उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र अल्मोड़ा में पहली बार आध्निक तकनीक से लैस इंटरसेप्टर वाहन को प्लिस बेड़े में शामिल किया गया है इससे तेज रफ्तार और नशे में ड्राइविंग पर लगाम लगाया जाएगा एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि पहाड़ी जिले में तेज रफ्तार और नशे में ड्राईविंग के कारण कई लोगों को जान से हाथ धोना पड़ता है इसे रोकने के लिए कई खूबियों से लैस इंटरसेप्टर वाहन को सड़क पर उतारा गया है इस वाहन में लेजर स्पीड राडार गन एनटीपीआर कैमरा रूफ टॉप कैमरा मैसेज एलइडी डिस्पले और प्रिंटर लगे हुए हैं

बैठक में अधिकारियों ने इस स्थल पर गंगा की अविरलधारा की पुष्टि करते हुए कहा कि इस सम्बन्ध में अभिलेखीय साक्ष्य मौजूद है बैठक में निर्णय लिया गया कि गंगा के प्रति श्रद्धाल्ओं की आस्था और जनस्विधा के महत्व को देखते हए आगे की कार्रवाई की जायेगी बैठक के बाद नगर विकास मंत्री ने कहा कि इस स्थल पर हमेशा से गंगा की अविरल धारा बहती रही है बह रही है और बहती रहेगी उन्होंने कहा कि कानूनी समस्या का समाधान करने के लिए जरूरत के अन्सार अधिनियम में संशोधन किया जायेगा या अध्यादेश लाया जायेगा उन्होंने कहा कि स्कैप चैनल को बदलते हए गंगा की अविरल धारा बहने की कार्रवाई अमल में लायी जायेगी

देश में महामारी के बाद एक दिन में ठीक होने वालों का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है

प्रत्येक कंटेनमेंट जोन में एक हेल्प डेस्क बनायी गई है जो कंटेनमेंट जोन में लोगों की आवश्यक जरूरी वस्त्ओं की आपूर्ति और समस्याओं का निपटारा कर रही है जिलाधिकारी ने कंटेनमेंट जोन की व्यवस्थाओं को लेकर औदयोगिक क्षेत्रों के विधायकों और उदयोग एसोसिएशन के प्रतिनिधियो के साथ बैठक की जिलाधिकारी ने सभी वार्डो और पंचायतों में जनप्रतिनिधियों की निगरानी में एक कमेटी गठित करने के निर्देश दिये कमेटी में विधायक के प्रतिनिधि वार्ड का पार्षद या प्रधान और प्रशासन से एक अधिकारी शामिल होंगे यह प्रतिनिधि स्थानीय लोगों की समस्याओं को प्रशासन तक पहंचाने में सहयोग करेंगे चारधाम यात्रा उत्तराखंड देवस्थनम बोर्ड ने फैसला लिया है कि राज्य के बाहर से आने वाले कोरोना नेगेटिव यात्रियों को भी अब चारधाम यात्रा पर जाने की अन्मति दी जाएगी

उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम् प्रबंधन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविनाथ रमन ने यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि बिना देवस्थानम बोर्ड पर ऑनलाइन आवेदन किए किसी को भी यात्रा पर जाने की अन्मति नहीं होगी यदि किसी ने टेस्ट नहीं कराया है तो उन्हें क्वारंटीन अवधि को पूरा करना होगा इसके लिए वो होम स्टे या पेड क्वारंटीन में रह सकते हैं साथ ही सभी ओरिजिनल दस्तावेज़ यात्रा के दौरान साथ रखने होंगे

उन्होंने बताया कि थर्मल स्क्रीनिंग सैनेटाइजेशन के बाद ही मंदिरों में तीर्थ यात्रियों को प्रवेश दिया जा रहा है मास्क पहनना और मूर्तियीं का स्पर्श न करना और शारिरिक दूरी बनाये रखना अनिवार्य किया गया है